पछुआ हवा के कारण कनकनी में बढ़ोतरी श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिन्दा राजपक्षे आज अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन स्थल बोधगया आयेंगे प्रधानमंत्री राजपक्षे के साथ उनके दो मंत्री और एक सांसद सहित कुल बीस सदस्यीय दल भी आ रहा है हमारे गया संवाददाता ने बताया कि श्री राजपक्षे के आगमन को लेकर बोधगया में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं अपने संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान श्रीलंका के प्रधानमंत्री महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश के बत्तीस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में नौ हजार चार सौ लोगों के नोवेल कोरोना वायरस से प्रभावित होने की आशंका में निगरानी की जा रही है विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की हरसंभव मदद कर रहा है इसके साथ ही सभी राज्यों में स्थिति से निपटने के लिए विशेष समूह गठित किए हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान आज देशभर में शुरू हो रहा है अठारह दिन का यह अभियान सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आयोजित किया है कार्यक्रम अठाईस फरवरी तक चलेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष दो हजार सोलह में राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ाने का विचार सामने रखा था एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का उद्देश्य देश की विविधता में एकता को रेखांकित करना तथा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच सम्पर्क से राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत करना है दीनदयाल उपाध्याय मुलगसराय झाझा रेलखंड पर अब तेज गति से ट्रेनों का परिचालन होगा रेलवे ने इस रेलखंड के डाउन लाईन पर एक सौ तीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विशेष ट्रेन चला कर सुरक्षा संबंधी औपचारिकताओं का परीक्षण किया आज भी यह परीक्षण अप लाईन पर किया जायेगा इसके बाद झाझा से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक की दूरी तय करने में वर्तमान अवधि की तुलना में दो से तीन घंटे तक कम समय लगेगा राज्य में जमीन का सर्वे अब इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन ईटीएस मशीन से किया जायेगा भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय के निदेशक जय सिंह ने बताया कि अमीनों को जल्द ही ईटीएस मशीन संचालन की ट्रेनिंग दी जायेगी सर्वे के दौरान जमीन का सीमांकन और उसकी मापी भी इसी मशीन से होगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक की परीक्षा को लेकर तैयारियों में जुट गया है इस वर्ष बिहार बोर्ड परीक्षा को लेकर कई नये प्रयोग भी कर रहा है परीक्षा सत्रह फरवरी से होगी इस बार उत्तर पुस्तिकाओं पर छात्रों की तस्वीर भी होगी सौ अंकों के प्रश्नों में पहले की तुलना में बीस फीसदी अधिक विकल्प मिलेंगे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज देशभर के बाईस हजार से अधिक स्कूलों में छात्रों और प्राचार्यों को लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से नये दिशा निर्देशों से अवगत करायेगा इस दौरान पन्द्रह फरवरी से शुरू होने वाली दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए तैयारियों पर भी चर्चा होगी उधर सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं के परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान घड़ी पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं परीक्षा नियंत्रक संजय भारद्वाज ने कहा कि केन्द्र पर केवल एडमिट कार्ड और पेन लेकर परीक्षार्थी आ सकते हैं उन्होंने कहा कि समय की जानकारी परीक्षार्थी को केन्द्र पर लगी दीवार घड़ी से मिलेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की तेईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

श्री मोदी ने कार्यक्रम के विषय के बारे में लोगों से सुझाव देने को कहा है लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं नमो ऐप ओपन फोरम या माई जी ओ वी पर भी सुझाव दिये जा सकते हैं एक नौ दो दो नम्बर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक पर सीधे सुझाव भेजे जा सकते हैं पुलिस मुख्यालय ने एक सौ पचास पूलिसकर्मियों को वीआईपी सुरक्षा से हटा दिया है हटाये गये पुलिसकर्मियों को पुलिस लाईन भेज दिया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यालय के आदेश के बाद अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जिला स्तर पर समीक्षा की जा रही है इस दौरान अनावश्यक रूप से तैनात सुरक्षा कर्मियों को हटाया जा रहा है बीसवीं अखिल भारतीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता आज रोहतास जिले के डेहरी स्थित बिहार सैन्य पुलिस टू के शूटिंग रेंज में शुरू होगी इसका उद्घाटन पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय करेंगे प्रतियोगिता में सभी राज्यों के पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों के अधिकारी और कॉन्स्टेबल भाग ले रहे हैं प्रतियोगिता का समापन पन्द्रह फरवरी को होगा नालंदा में आयोजित आठवीं राज्य सीनियर पुरूष हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब पटना ने जीत लिया है फाईनल मुकाबले में पटना ने बेगूसराय को पन्द्रह के मुकाबले बीस अंक से पराजित कर दिया है पूर्णियां ने नवादा को हरा कर तीसरा स्थान प्राप्त किया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने और तेज पछुआ हवा बहने से पटना समेत राज्य के अधिकतर स्थानों पर सामान्य तापमान में औसत से एक से दो डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी जिसके कनकनी बढ़ गयी है मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान पटना गया भागलपुर पूर्णियां सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे रहा मौसम विभाग केन्द्र पटना के अनुसार आज और कल ठंड से राहत के आसार नहीं हैं विभाग ने कहा है कि राज्य में अधिकांश जगहों पर मौसम साफ रहेगा वहीं कुछ स्थानों पर हल्के बादल छाये रहने का अनुमान है देशभर में आज राष्ट्रीय कृमिरोधी दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में एक से उन्नीस वर्ष के बच्चों और किशोरों को अल्बेंडाजॉल दवा की एक खुराक दी जाएगी यह कार्यक्रम पहली बार दो हजार पन्द्रह में शुरू किया गया था इसका क्रियान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठयक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परीक्षा केन्द्र इस बार पटना के साथ साथ छपरा में भी बनाया जायेगा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले में पांच लाख उन्नीस हजार छह सौ उनतीस परिवारों का चयन किया गया है इन परिवारों के लगभग अठाईस लाख पच्चासी हजार आठ व्यक्तियों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने के लिए गोल्डन कार्ड बनना है पटना के वरीय पूलिस अधीक्षक उपेन्द्र कुमार शर्मा ने थानेदारों को रात में खूद पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया है थानाध्यक्षों की बैठक में उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों के निष्पादन में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी सत्तारूढ़ जनता दल यूनाईटेड आज से विधानसभावार सम्मेलन शुरू कर रहा है इन सम्मेलनों में विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले प्रखंड और पंचायत के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है मधुमेह की बिहार में होगी घर घर जांच दैनिक जागरण ने राम मंदिर निर्माण से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है राम मंदिर निर्माण की तिथि का ऐलान जल्द ट्रस्ट की पहली बैठक उन्नीस को प्रभात खबर ने अंडर नाइनटिन क्रिकेट विश्व कप से जुड़ी खबर को शीर्षक बनाया है भारत को हरा बांग्लादेश ने पहली बार जीता विश्व कप दैनिक भास्कर की सुर्खी है प्रमोशन में आरक्षण विपक्ष के साथ लोजपा भी बोली सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदले सरकार

पछुआ हवा के कारण कनकनी में बढ़ोतरी